मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्यों से की अधिकतम लोगों को केन्द्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी मरीज को अस्पताल से वापस न करने के अधिकारियों को दिये निर्देश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान अब से थोड़ी देर पहले हुआ शुरू शाम छः बजे तक डाले जायेंगे वोट कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की

कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल गई है इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी मी अफ़वाह में न आएं आप समी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से समी राज्य सरकारों को फ़ी वैक्सीसन मेजी गई है जिसका लाम पैंतालिस साल के उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली मई से देश में अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी श्री मोदी ने कहा कि अब कॉरपोरेट सेक्टर और निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी उन्होंने कहा कि केन्द्र का निशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा प्रधानमंत्री ने राज्यो से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केन्द्र सरकार के निःश्ल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें उन्होंने लोगों से आग्रह किया वैक्सीन लें सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए मैं आप सभी से एक बार फ़िर आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है दवाई भी कड़ाई भी इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएगे श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति से जुटी हुई है और राज्य सरकारें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा कर्मी और अग्निम पंक्ति के कार्यकर्ता रात दिन लोगों की सेवा में जुटे हैं

कोई क्वारनटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुँचा रहा है कोई सब्जियाँ दूष फल आदि पहुँचा रहा है

देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयं सेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो मी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना से लडाई कर रहा है उन्होंने कहा कि इस बार गांवों में भी नई जागरूकता दिखाई दे रही है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है गांव के लोग भी खुद को कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं श्री मोदी ने कल भगवान महावीर की जयंती पर लोगों को बधाई दी

श्री मोदी ने कहा कि एक नागरिक के तौर पर हम जीवन में जितनी क्शलता से अपने कर्तव्य निभाएंगे संकट मुक्त होकर भविष्य के रास्ते पर उतनी ही तेजी से आगे बढेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना के किसी भी मरीज को अस्पतालों से वापस न किया जाय

यह जानाकरी अपर मुख्य सचिव सुचना नवनीत सहगल ने दी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऐसे मरीजों का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान किया जायेगा उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना जॉच की दरें भी निर्धारित कर दी हैं अब प्रदेश की निजी प्रयोगशालाओं में एण्टीजेन टेस्ट के लिए मरीज को दो सौ पचास रूपये भुगतान करना होगा आरटीपीसीआर जॉच निजी प्रयोगशाला में सात सौ रूपये में होगी अगर मरीज घर बुलाकर आरटीपीसीआर का नमूना देता है तो उसे नौ सौ रूपये का भूगतान करना होगा घर पर ट्र नेट की जॉच चौदह सौ पचास रूपये में होगी जबकि जॉच केन्द्र पर इसे बारह सौ पचास रूपये में कराया जा सकता है श्री सहगल के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि पच्चीस हजार छः सौ तेतिस लोग पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से स्वस्थ हुए हैं

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिये सर्विलांस टीम की कार्रवाई बढ़ा दी गई है श्री प्रसाद ने बताया कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के तृतीय चरण में आज बीस जिलों में अब से थोड़ी देर पहले मतदान शांतिपूर्वक शुरू हो गया वोट शाम छः बजे तक डाले जायेंगे जिन जिलों में मतदान हो रहा है वे हैं अमेठी उन्नाव औरैया कानपुर देहात कासगंज चन्दौली जालौन देवरिया पीलीभत फतेहपुर फिरोजाबाद बलरामपुर बलिया बाराबंकी मेरठ मुरदाबाद मिर्जापुर शामली सिद्दार्थनगर और हमीरपुर मतदान को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रान्तीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के बीस अधिकारियों को प्रेक्षक के रूप में तैनात किया गया है यह जानकारी प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी उन्होंने सभी प्रेक्षकों की उपस्थिति की जानकारी द्रभाष से प्राप्त की उन्होंने सभी प्रेक्षकों को शांतिपूर्ण मतदान कराने और आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिये मनोज कुमार ने तैनात प्रेक्षकों को निर्देश दिये कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाय उन्होंने कहा कि सम्बन्धित ब्थों को सेनेटाइज कराने के साथ साथ मतदाताओं को मास्क लगाने और निर्धारित दूरी पर रहकर मतदान की प्रक्रिया पूरी कराये जाने का निर्देश दिया उन्होने मतदान के दौरान किसी भी मतदाता को कोई असुविधा न होने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये केंद्र ने सभी राज्यों के लिए एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर का आवंटन बढा दिया है